यह स्मारक आजादी के बाद से पुलिसकर्मियों के सर्वोच्च बलिदान की स्मृति में बनाया गया है श्री मोदी ने शहीद पुलिसकर्मियो की स्मृति में श्रद्धा सुमन अर्पित किए गृहमंत्री राजनाथ सिंह वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी गृह राज्यमंत्री किरेन रिजिज्ञ और हंस राज अहीर गृहसचिव राजीव गाबा और केंद्रीय अर्द्वसैनिक बलों के प्रमुखो ने भी शहीदो को श्रद्धांजलि अर्पित की इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सजग पुलिसबलों ने भय और असुरक्षा का माहौल फेलाने की साजिश करने वालों को विफल कर दिया है प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के दिन हर उस जवान को याद किया जाता है जो जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था और शांति बनाये रखने में मदद कर रहा है तथा आतंकवाद से लड़ रहा है नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात जवानों को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इन जवानों के कारण ही नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या कम होती जा रही है और युवा मुख्य धारा में शामिल हो रहे है प्रधानमंत्री ने आपदा राहत में सराहनीय योगदान के लिए पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों के लिए नेताजी सुभास चन्द्र बोस के नाम पर वार्षिक पुरस्कार की घोषणा की इस स्मारक का निर्माण नई दिल्ली में छह एकड़ से अधिक भूमि पर किया गया है स्मारक पर चौंतीस हजार आठ सौ चवालीस शहीद पुलिसकर्मियो के नाम अंकित है प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर पुलिस संग्रहालय भी राष्ट्र को समर्पित किया

बाढ़ प्रभावित लोगो को धेमाजी में सुरक्षित स्थानो पर पहुंचाया गया है हालाकि डिब्रगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी में जलस्तर में कमी आने से स्थिति नियंत्रण में है असम के डिब्रगढ़ में ब्रह्मपुत्र और अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में सियांग नदी का जलस्तर कम हुआ है सरकारी सूत्रो ने बताया कि दोनो नदियां खतरे के निशान से नीचे बह रही है और घबराने की कोई बात नही है हालाकि जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग ऊपरी असम में कुछ स्थानो में स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से निर्माण की उच्च लागत और राज्य के लिए विशिष्ट पहलुओ पर विचार करते हुए केंद्रीय वित्त पोषण के तहत राज्य को विशेष छूट देने का आग्रह किया प्रदेश में केंद्रीय फ्लेक्शीफ कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर संतुष्टी व्यक्त करते हुए श्री पुरी ने आश्वासन दिया कि केंद्र अरुणाचल को हमेशा प्राथमिकता पर रखेगी उन्होंने राज्य सरकार से सभी केंद्रीय परियोजनाओ का समय पर सहायता प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित परियोजना सौंपने को कहा

संघ द्वारा चला रहे आंदोलन का भविष्य में होने वाले प्रतिक्रिया पर विचार विमर्श करने के लिए कल आयोजित शाषी निकाय परिषद की बैठक में संघ ने राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम को अपने अधिकार के लिए लड़ रहे कर्मचारियो के खिलाफ अन्याय बताया अपनी मांगो को उचित ठहराते हुए कोसाप के अध्यक्ष पाते मारिक ने कहा कि सरकारी कर्मचारियो की वर्तमान की मांगे सी सी एस अधिनियम दो हजार सोलह की परिधि के भीतर आती है अपनी बात को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि स्वयं मुख्यमंत्री ने कई अवसरो पर माना कि उनकी मांगे काफी हद तक सही है

ये बात जिला उपायुक्त ने चांगलांग जिला स्वास्थ्य सोसायटी द्वारा जिला टास्क फोर्स के लिए आयोजित प्रशिक्षण सह बैठक को संबोधित करते हुए कहा श्री शर्मा ने प्रतिभागियो को डेटा का सटीक संग्रह और विश्लेषण तथा प्रभावी सेवा बितरण को प्रभावित करने वाले अन्य मुद्दो के बारे में बताया

ये बात शिक्षा सचिव ने गत शुक्रवार को ईस्ट सियांग जिले में राजकीय माध्यमिक विद्यालय मोतुम के रजत जंयती के उपलक्ष्य पर आयोजित तीन दिवसीय समारोह का उद्घाटन करते हुए कही हाल की सी बी एस ई परीक्षा के परिणामो पर चिन्ता व्यक्त करते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि अस्सी प्रतिशत से कम की उपस्थिति और अर्ध वार्षिक परीक्षा में अयोग्य छात्रो को अगली बार से वार्षिक परिक्षा में बैठने की अनुमति नही दी जाएगी